उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य विकित्साधिकारी की समिति गठित कर कार्ययोजना तैयार की जाए उन्होंने इस समिति को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी देने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को आगामी श्क्रवार को गौतमबुद्दनगर बुलन्दशहर हाप्ड़ गाजियाबाद मेरठ मुजफफरनगर तथा शामली सहारनपुर का भ्रमण कर इन जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर सर्वेक्षण के दौरान चिकित्सीय जांच में जो लोग संदिग्ध दिखें उनका रैपिड एन्टीजन टेस्ट अवश्य किया जाए उन्होंने इसके लिए प्रदेश में पर्याप्त संख्या में रैपिड एन्टीजन टेस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने राज्य में टेलीमेडिसिन की सुविवा को और सुद्रढ़ करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को घर पर ही चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध हो सके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अगले सप्ताह होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों जोरों पर हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच अगस्त को भूमि पुजन समारोह में भाग लेंगे समारोह से पूर्व प्रदेश के कई हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राज्य के कई पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजे जा रहे हैं इसी क्रम में आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से भी पवित्र मिट्टी अयोध्या भेजी गयी मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि मंदिर के सामने स्थित उद्यान से मिटटी को कलश में रखकर रवाना किया गया उधर मथुरा में स्थानीय लोगों ने कल विशेष रजत शिला का पूजन किया सांसद हेमा मालिनी भी ऑनलाइन इस पूजा में शामिल हुई यह रजत शिला और व्रज के पवित्र कुंडों का जल अयोध्या भेजा जाएगा वहीं चित्रकूट से ऐतिहासिक भरतकूप का जल भी अयोध्या भेजा जाएगा आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल उन्तीस जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट दो हजार अटठारह जारी की थी श्री प्रकाश जावडेकर ने अपने संदेश में कहा है कि देश में बाघों की संख्या वृद्वि में वन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने कहा कि ताजा गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या दो हजार नौ सौ सड़सठ है देश में चार वर्षो में इनकी संख्या सात सौ इकतालिस बढी है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उन्नीस सौ तिहत्तर में जब बाघ परियोजना शुरू की गई थी उस समय देश में सिर्फ नौ बाघ अभ्यारण्य थे जिनकी संख्या बढकर अब पचास हो गई है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दस लाख तक पहुंच गई है इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब चौसठ दशमलव पांच एक प्रतिशत हो गयी है कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है अब तक क्ल पैंतालीस हजार आठ सौ सात लोगों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छटटी दी जा चुकी है राज्य में उन्तीस हजार नौ सौ सत्तानबे रोगियों का इलाज चल रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के तीन हजार पांच सौ सत्तर नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकडा सतहत्तर हजार के पार पहंच गया है राज्य में कल सत्तासी हजार सात सौ चौवन कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल इक्कीस लाख बीस हजार आठ सौ तैंतालीस नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है

अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस के प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हातात जो हैं उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हातात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डटकर मुकोबला देने में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ नितेश चर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज भी रूक रूक कर बूंदाबांदी जारी है गोरखपुर वाराणसी कुशीनगर अयोध्या बलरामपुर समेत अधिकाश स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं गोण्डा में आज तड़के तेज वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है